उपचुनाव की घोषणा होते ही कांगड़ा और सिरमौर जिलों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है इस वर्ष जून में हुए लोकसभा चुनाव में धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र से किशन कपूर और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से सुरेश कश्यप के सांसद बनने पर इन दोनों क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं इधर राज्य निर्वाचन विभाग ने उपचुनाव के लिए सभी पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने बताया कि उपचुनाव में सभी मतदान केन्द्रों पर इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें प्रयोग की जाएंगी

देवेश कुमार ने बताया कि दोनों निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची सौ प्रतिशत फोटोयुक्त है जो विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध है

मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे एक राष्ट्र एक ध्वज व एक संविधान का सपना पूरा हुआ है

उन्होंने कहा कि इस निर्णय से क्षेत्र में शांति व समृद्धि का नया युग आएगा और केन्द्र सरकार के नेतृत्व में राज्य तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर होगा सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति की सराहना की है वे कल नई दिल्ली में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बारे में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा नीति तैयार करने की समय की मांग है उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति गुणात्मक और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देकर एक केन्द्रित राष्ट्री शिक्षा प्रणाली बनाने में मदद करेगी हिमउर्जा राज्य सरकार ने घरेल उपयोग के लिए सौलर वॉटर हीटर लगाने पर सब्सिडी की अधिसूचना जारी कर दी है हिमउर्जा के प्रवक्ता पन्नालाल शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता इसके लिए अपने जिला के हिमउर्जा कार्यालय में बुकिंग करा सकते हैं

इच्छ्यक उपभोक्ता हिमउर्जा की वैबसाईट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में विधानसभा उपच्नाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल में बजा उपच्नाव का बिग्ल कांगड़ा व सिरमौर जिला में आचार संहिता लागू हिमाचल दस्तक के शब्द हैं दिवाली से पहले फूटेंगे उपचुनाव के पटाखे

हिमाचल की नई ट्ररिज्म पॉलिसी से जुड़ी ख़बर पर दैनिक भास्कर लिखता है हिमाचली और गैर हिमाचली इन्वेस्टर के लिए रियायतों की भरमार अख़बार ने सुर्खी दी है इन्वेस्टर देवो भवः

अजीत समाचार की एक अख़बर है राज्यपाल ने कंडाघाट से शुरू किया विशेष स्वच्छता अभियान कहा मौजूदा समय में स्वच्छता हमारा सामाजिक दायित्व

छात्रवृति घोटाले के मामले में पंजाब केसरी लिखता है सीबीआई ने शिक्षा विभाग अधीक्षक से दूसरे दिन फिर की पूछताछ इसी अख़बार की एक अन्य ख़बर है हिमाचल में भारी ओलावृष्टि से सेब की फसल को भारी नुकसान

जस्टिस धर्मचंद चौधरी फिर बनेंगे हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ख़बर भी आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है

नमस्कार